अंतिम दर्शनों के लिये उमड़ी भीड़ केंद्र सरकार ने सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की

वाजपेयी जी का तिरानवे वर्ष की उम्र में कल शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निधन हो गया था श्री वाजपेयी का पार्थिव शरीर उनके सरकारी निवास सिक्स ए कृष्ण मेनन मार्ग में रखा गया है जहां अंतिम दर्शनों के लिये भारी भीड़ उमड़ रही है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री मन मोहन सिंह एच डी देवगौड़ा और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किया अब से थोड़ी देर बाद नौ बजे पार्थिव शरीर दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित भाजपा मुख्यालय ले जाया जाएगा जहां लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने बताया कि अंतिम यात्रा पार्टी मुख्यालय से दोपहर एक बजे शुरू होगी और शाम चार बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा लोकप्रिय नेता के सम्मान में सात दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया है कि पूरे देश में इस महीने की बाईस तारीख तक राष्ट्र ध्वज आधा झुका रहेगा विदेशों में सभी भारतीय द्रतावासों पर भी आज राष्ट्र ध्वज झुका रहेगा आज केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रमों में आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है वहीं बिहार सरकार ने दिवंगत नेता के सम्मान में आज अवकाश घोषित किया है सभी सरकारी कार्यालय और विद्यालय आज बंद रहेंगे

देर शाम टेलिविजन पर प्रसारित संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि अटल जी का जाना भारत के अनमोल रत्न का खो जाना है उन्होंने कहा कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है श्री वाजपेयी जी के निधन से पैदा हुए शून्य को कभी भी नहीं भरा जा सकता प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने पिता तुल्य एक व्यक्तित्व को खो दिया है अटल जी ने संगठन के बहुमूल्य पहलुओं और प्रशासन के बारे में हमें शिक्षित किया श्री मोदी ने कहा कि श्री वाजपेयी जी के नेतृत्व और संघर्षो के माध्यम से जनसंघ को शक्ति मिली भाजपा को शक्तिपुंज के रूप में उभारने में उनकी अहम भूमिका थी

अमेरिका रूस और जापान ने वाजपेयी जी के निधन पर अपनी संवेदना व्यक्त की है पाकिस्तान की ओर से भेजे गये शोक संदेश में उन्हें सार्क का मसीहा कहा गया है बंगला देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि बंगला देश में वाजपेयी जी का बहुत सम्मान था श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि वाजपेयी जी ने संक्रमण काल में भारत का नेतृत्व किया और ये सुनिश्चित किया कि भारत अंतराष्ट्रीय फलक पर उभरता रहेगा

केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान रविशंकर प्रसाद राधामोहन सिंह गिरिराज सिंह अश्विनी कुमार चौबे रामकृपाल यादव उपेन्द्र कुशवाहा और आरके सिंह ने शोक जताते हुए अटल बिहारी वाजपेयी के निधन को देश के लिये अप्रणीय क्षति बताया है राज्य के विभिन्न दलों के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर गहरा द्रःख जताया है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जदयू राजद कांग्रेस रालोसपा लोजपा सहित विभिन्न दलों के प्रदेश अध्यक्षों ने गहरी संवेदना जतायी है भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में पार्टी के सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाजपेयी जी की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिये कल ही नई दिल्ली पहुंच गये हैं

देर रात पटना में कई संस्थानों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दी गयी जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि निधन की खबर मिलने के बाद से ही वाजपेयी जी की याद में शोक सभाओं का लगातार आयोजन किया जा रहा है

इन सभी प्राथमिकियों में बैंक ऑफ बड़ौदा की डॉक्टर आर पी रोड और घंटा घर शाखा तथा इंडियन बैंक की पटेल बाबू रोड शाखा के तत्कालीन और वर्तमान शाखा प्रबंधकों और बैंक कर्मियों को नामजद किया गया है साथ ही सुजन विकास महिला सहयोग समिति के संचालक और सभी कर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है सीबीआई इस मामले में अब तक कुल पच्चीस प्राथमिकियां दर्ज कर चुकी है

सूत्रों ने बताया कि ब्रजेश ठाकुर के सीडीआर से मिली जानकारी के आधार पर जांच एजेंसी कई लोगों से पूछताछ करने की तैयारी कर रही है जब्त किये गये दस्तावेजों के आधार पर भी जांच एजेंसी ने प्रछताछ के लिये कुछ लोगों के नामों की सूची तैयार की है सीबीआई की टीम ब्रजेश ठाकुर को रिमांड पर लेने के लिये कल पॉक्सो अदालत भी पहुंची इधर गृह कारा विभाग ने कहा है कि ब्रजेश ठाकुर को किसी प्रकार की अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जा रही है वहीं दूसरी तरफ जेल में बंद निलंबित सीपीओ रवि रौशन की पत्नी की गिरफ्तारी के लिये भी पुलिस छापेमारी कर रही है

विभाग ने अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड कर दिया है

कल पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया जहां से अदालत ने उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मनीषा दयाल ने पूछताछ के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक सेवानिव्रत अधिकारी का नाम लिया है जिनकी पैरवी से उसे आसरा गृह का काम मिला था वहीं उसकी संस्था द्वारा आसरा गृह में खर्च किये गये रकम का कोई हिसाब नहीं मिला है सिटी एसपी डी अमरकेश ने बताया कि दोनों ने पूछताछ के दौरान कई बातें कही है जिसपर छानबीन की जा रही है बैंक खाते भी खंगाले जा रहे हैं उन्होंने बताया कि दोनों की अचल संपत्तियों के बारे में पता लगाया जा रहा है वहीं इस मामले में एक पत्रकार प्रेम का नाम सामने आने के बाद पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है

कल भी इस मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने शिक्षकों का पक्ष रखते हुये कहा कि राज्य सरकार आर्थिक कमियों का हवाला देकर शिक्षकों को उनके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है

सबसे अधिक सुपौल जिला प्रभावित हुआ है जिले के लगभग एक सौ तीस गांव बाढ़ की चपेट में आ गये हैं

सभी समाचार पत्र वाजपेयी जी को समर्पित हैं पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अखबारों ने विशेष आलेख प्रकाशित किये हैं हिन्दुस्तान लिखता है अनंत यात्रा पर अटल दैनिक जागरण ने लिखा है राजनीति के अटल युग का अवसान दैनिक भास्कर की सुर्खी है भाजपा के एक मात्र नेता नेहरू जिनकी तारीफ करते थे इंदिरा सलाह लेती थीं और नरसिम्हा राव ने यूएन भेजा प्रभात खबर ने लिखा है थम गयी अटल यात्रा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है वाजपेयी ने भाजपा को शून्य से शिखर तक पहुंचाया आज लिखता है अटल युग का अंत

अंतिम दर्शनों के लिये उमड़ी भीड़ केंद्र सरकार ने सात दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की